इस प्रकार भारत का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रव पर पहुंचने का अभियान असफल हो गया

यह समय बीत जाने के बाद भी लैंडर विक्रम की सही स्थिति पता नहीं चल सकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की है उन्होंने कहा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और यहां तक पहुंचना भी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है उधर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख डॉ के सिवन ने बताया कि लैंडर विकम की सही स्थित पता नहीं चल रही है फिर भी उससे संपर्क करने के प्रयास जारी हैं उन्होंने जानकारी दी कि जिस ऑर्बिटर से लैंडर विक्रम अलग हुआ था उसके जरिए डाटा अभी भी मिल रहे हैं जिसका इसरो के वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं

इस दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है और उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी जा रही है इसी कम में कल टीकमगढ़ जिले के जनकपुर गांव में शिविर आयोजित किया गया और ग्रामीणों की समस्याओं के हल के लिये कमिश्नर ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये बेटी बचाओ बेटी पढाओ रीवा जिले को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में जन्म के समय बाल लिंगानुपात में लगातार बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्कृत किया गया है केन्द्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कल नई दिल्ली में जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतिभा पाण्डे को यह प्रस्कार प्रदान किया

पोषण जांच भिण्ड जिले में आंगनवाड़ी केन्द्रों से होने वाले पोषण आहार वितरण योजना में हई अनियमितता की नये सिरे से जांच कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं

उन्होंने समय सीमा के भीतर जांच रिपोर्ट नहीं देने के कारण भिण्ड शहर के बाल विकास अधिकारी को कार्यालय अटैच करने के भी निर्देश दिये हैं

मौसम विमाग के अनुसार इन जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने का अनुमान है कम वर्षा वाले शिवपुरी जिले के कई स्थानों पर आज दोपहर आधे घंटे तक तेज बारिश होने की खबर है

भोपाल और उसके आसपास आज सुबह से ही बादलों की लूकाछीपी जारी है अमरीकी ओपन अमरीकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल वर्ग का फाइनल मुकाबला कल सुबह सेरेना विलियम्स और बियांका एंद्रीस्कू के बीच होगा

जिले में महीने भर आगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे